रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल भारत पाकिस्तान और चीन सीमा पर सियाचिन ग्लेशियर का दौरा करेंगे और स्थिति का जायजा लेंगे

उन्होंने कहा कि भारत अपने पुलिसकर्मियों के इस महान बलिदान की वजह से ही सुरक्षित हैं

केन्द्रीय गृह सचिव राजीव गाबा तथा आईबी के निदेशक राजीव जैन भी श्री अमित शाह के साथ मौजूद थ

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल सियाचिन ग्लेशियर का दौरा करेंगे और स्थिति का जायजा लेंगे उनके साथ थल सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत भी रहेंगे रक्षा सूत्रों के हवाले से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राजनाथ सिंह सियाचिन में सैनिकों और अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे और दुनिया के सबसे उंचे युद्ध क्षेत्र में तैनाती के दौरान सैनिकों की समस्याओं को जानने का प्रयास करेंगे

केन्द्रीय सामाजिक न्याय जल व शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया का आज अंबाला पहुंचने पर केबिनेट मंत्री अनिल विज व अन्य भाजपा नेताओं ने स्वागत किया पत्रकारों से आतचीत में कटारिया ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें जो दायित्व दिया है वह उसे पूरा करेंगे उन्होंने कहा िकवह अपने मंत्रालयों का कामकाज देखने के साथ साथ अंबाला में युवाओं के लिए नौकरियां लाने ओद्यौगिक विकास किसानों व दलितों के उत्थान के लिए भी काम करेंगे क्रुक्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पुनः देश का प्रधानमंत्री बनते ही जनहित के कार्य एवं योजनाएं लगा करनी शुरू कर दी हैं

छोटे दुकानदारों के लिए भी पेंशन योजना शुरू की जाएगी पशुओं को रोगमुक्त करने के लिए टीकाकरण मुहिम भी चलाई जाएगी इसके साथ ही शहीदों के बच्चों को मिलने वाली छात्रवृत्ति को बढाने का एक और बड़ा निर्णय लिया है उधर सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के सांसद रमेश कौशिक ने भी बरौदा सोनीपत तथा खरखौदा हलकों का दौरा कर लोगों का धन्यवाद किया इन तीनों विधानसभा हलकों में नव निर्वाचित सांसद का लोगों ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया सांसद ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने एक बार फिर विकास पर अपनी मोहर लगाई है सरकार ने देश भर में दिल का दौरा पड़ने के बाद रोगियों की तत्काल देखभाल के लिए कृशल प्रणाली स्थापित करने की आवश्यक्ता पर जोर दिया है

लोकसभा चुनावों के दौरान जनता ने भाजपा की सबका साथ सबका विकास की नीति पर भरपूर आर्शीवाद देते हुए साफ कर दिया है कि अब क्षेत्रवाद जातिवाद और भाई भतीजावाद की राजनीति नहीं चलेगी

उन्होंने कहा कि सोनीपत शहर की बढती आबादी के साथ पूर्व की सरकारों द्वारा न्याय नहीं किया गया जिसकी बदौलत क्षेत्र के लोगों ने विकास की उपेक्षा को सहा है

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वह अब पार्टी के संगठन की मजबूती के लिए काम करेंगे और विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों की मदद करेंगे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अब तीन माह बाद होने वाले विधानसभा चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाएंगे कांग्रेस विधानसभा चुनाव में भाजपा को कड़ी चुनौती देगी

उन्होंने कहा कि पूरे देश में मोदी लहर का असर था जिसके चलते कांग्रेस की लोकसभा चुनाव में हार हुई एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भले ही प्रदेश में कांग्रेस का संगठन न हो लेकिन कार्यकर्ता बेहद मजबूत हैं और हर बूथ पर लड़ाई लड़ रहे हैं उन्होंने कहा कि आने वाला चुनाव चण्डीगढ के लिए लड़ा जाएगा

विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि इस कार्यशाला की रूपरेखा कली एवं सांस्कृतिक विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव धीरा खण्डेलवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में तैयार की गई

पंचकूला में विद्यार्थियों को स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं द्वारा गणित और विज्ञान विषयों की निशुल्क कोचिंग दी जाएगी

उपायुक्त ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि वे समय का सद्वपयोग करें और जीवन का लक्षय निर्धारित करके उसे हासिल करने के लिस निरंतर प्रयास करें

मौसम विभाग ने कल और गर्मी बढने की संभावना प्रकट की है इसके अलावा आने वाले दिनों में आंधी और तेज हवाएं चलने की भविष्यवाणी की गई है हरियाणा सरकार ने प्रदेश में बढती गर्मी और भयंकर लू तथा गर्म हवाओं के मददेनजर लोगों से सावधानी बरतने की हिदायत जारी की है राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि बढती गर्मी और भयंकर लू के चलते शारीरिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है